प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सड़क यातायात स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चार परियोजनाओं का आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त रूप से उद्घाटन किया

ये प्रोजेक्ट्स दर्शाते है कि भारत बांस्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे है फ्रैंड्स भारत और बांग्लादेश के लोगों के संबंध आत्मीयता और पारिवारिक भावनाओं से परिपूर्ण संबंध है बांग्लादेश का विकास भारत के लिए खुशी का विषय तो है ही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों ने न केवल परिवहन क्षेत्र में बल्कि ज्ञान के क्षेत्र में भी सम्पर्क बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों के भारत और पूरे विख के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा बसों और ट्रकस की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोंटेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमिका अदा करेगी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल फहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लीनिक से लगभग दो लाख लोग लाभान्वित होंगे जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि सुश्री हसीना के साथ यह छठी वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक है जो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ और मजबूत संबंध होने का प्रतीक है

समारोह में मलयालम अभिनेता मोहनलाल दक्षिण अफ्रीका के राजनेता प्रवीण गोर्धन सिस्को के पूर्व प्रमुख जॉन चैंबर्स सांसद हुकुमदेव नारायण यादव करिया मुंडा और सुखदेव सिंह ढींढसा तथा दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर को पदम भूषण से अलंकृत किया गया इसके अलावा शतरंज खिलाड़ी हरिका द्रोणवल्ली टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल सामाजिक कार्यकर्ता भगीरथी देवी तथा मुक्ताबेन डगली अभिनेता प्रभुदेवा संगीत निर्देशक शंकर महादेवन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस जयशंकर किसान बाबू लाल दहिया तथा राजकुमारी देवी पुरातत्ववेत्ता दिलीप चकवर्ती और रूधिर रोग विशेषज्ञ मामेन चांडी को पद्मश्री प्रदान किया गया उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह मौजूदा स्थिति में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा संविधान पीठ को भेजने का आदेश देने के पक्ष में नहीं है

वह इस बात पर विचार करेगी कि यह मामला संविधान पीठ को सौंपे जाने की आवश्यकता है या नहीं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

पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन आठ लोकसभा सीटों के लिये चुनाव होगा उनमें सहारनपुर कैराना मुजफ्फरनगर बिजनौर मेरठ बागपत गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर शामिल हैं

दूसरे चरण में भी मतदान के लिये आठ लोकसभा क्षेत्र शामिल किये गये हैं जिनमें नगीना अमरोहा बुलंदशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा आगरा और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं

इस चरण में चार निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित श्रेणी के हैं तीसरे चरण में मतदान के लिये दस लाकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल किये गये हैं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

इन जनपदों में शाहजहांपुर खीरी हरदोई मिश्रिख उन्नाव फर्र्रखाबाद इटावा कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन झांसी और हमीरपुर शामिल हैं इनमें से पांच सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं यहां दो अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और उन्तीस अप्रैल को मतदान निर्धारित है इस चरण में पांच निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित श्रेणी के हैं पांचवें चरण में चौदह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों धौरहरा सीतापुर मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली अमेठी बांदा फतेहपुर कौशाम्बी बाराबंकी फैज़ाबाद बहराइच कैसरगंज और गोण्डा शामिल हैं इनमें चार आरक्षित क्षेत्र हैं

छठे चरण में मतदान के लिये चौदह लोकसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीर नगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही हैं यहां सोलह अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना और बारह मई को चुनाव कराया जायेगा इस चरण में दो आरक्षित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं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 इनमें अन्तर्राज्योय सीमावर्ती क्षेत्रों के महराजगंज गोरखपुर कुशीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और रावर्टस्गंज क्षेत्र शामिल किये गय हैं

इस चरण में दो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं

जनपद खीरी के निघासन विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन के लिये भी मतदान चौथे चरण में लोकसभा निर्वाचन के साथ सम्पन्न होगा प्रदेश में लोकसभा की अस्सी सीटों के लिये होने वाले मतदान के लिये लगभग चौदह करोड़ चालीस लाख मतदाता पंजीकृत हैं जिनमें से सात करोड़ उन्यासी लाख पुरूष छह करोड़ इकसठ लाख महिला आठ हजार तीन सौ चौहत्तर थर्ड जेन्डर तथा सात लाख छियासी हजार पांच सौ बयालीस दिव्यांग मतदाता हैं देश में लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बिना अनुमति के लगे होर्डिंग पोस्टर बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री का तेजी से हटाना शुरू हो गया मथुरा में जिलाधिकारी सर्वज्ञराम मिश्र ने प्रशासनिक अधिकारियों और राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कहीं भी होर्डिंग पोस्टर और बैनर नहीं लगाये जायेंगे धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जा सकेंगा मेरठ में भी राजनैतिक दलों के होर्डिंग पोस्टर और वॉल पेंटिंग हटाने का कार्य तेजी से जारी रहा

अमरोहा जनपद में ईवीएम और वीवीपैड मशीन की जानकारी के साथ चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा बैठक आयोजित की गई सुल्तानपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि ने पत्रकार वार्ता में बताया कि चुनावों में आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जायेगा सभी प्रिंटिंग प्रेसों को नोटिस जारी कर बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सामग्री न छापने के निर्देश दिये गये हैं बलिया जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाता को लुभाने या पीड़ित कर मतदान के लिये प्रेरित करता है तो उसे आचार संहिता का उलंघन माना जायेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी

जनपद में अंतिम चरण में उन्नीस मई को मतदान कराया जायेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएसराठौर को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है उन्होंने आज अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया